संसद ने श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा के लिए श्रम संहिता संबंधी तीन विधेयक पारित कर दिए हैं राज्यसभा ने इन विधेयकों को आज स्वीकृति दी जबकि लोकसभा ने इन्हें कल पारित किया था

विधेयकों पर चर्चा के उत्तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से समयबद्ध शिकायत समाधान प्रणाली के जरिये श्रमिकों के हितों पर दूरगामी असर होंगे बाइट हमारी सरकार सदैव से सत्य मेव जयते के सिद्धांत को मानती है तथा एक श्रमिक के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सरकार संकल्पित है इसी उद्देश्य से हम अपने श्रमिकों को बेहतर सुरक्षा काम करने के वातावरण की सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा तथा त्वमरित विवाद निवारण प्रणाली देने के लिए सदैव प्रयासरत रहे है श्रम योगी बनाते हुए उनके जीवन को सहज बनाने की कोशिश की जाये और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पिछले छह वर्षो में जो प्रयास किये गये हैं वो हम सबकी जानकारी में हैं जैसे असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और छोटे व्यापारियों को पेंशन देना श्री गंगवार ने कहा कि सरकार ने मजदूरों से विरोध का अधिकार नहीं छीना है

उन्होंने कहा कि अन्य जगहों पर जाकर काम करने वाले मजदूरों के कल्याण के लिए भी कई प्रावधान किए गए हैं चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि इन ऐतिहासिक विधेयकों से श्रमिकों को न्याय मिलेगा

वो न्याय अब मिल रहा है वेतन सुरक्षा सामाजिक सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा तीनों की गारंटी देने वाली ये बिल है

अब चार कोर बन गये तो न्याय अब जल्दी और अच्छा मिलेगा इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं सभी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलेगी गारंटी ये पहले गारंटी नहीं थी सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिलेगा कहीं एक तारीख को मिलता कहीं पांच तारीख को मिलता कहीं सात तारीख को मिलता कहीं दस तारीख को मिलता कभी महीने के अंत में मिलता ऐसा अब नहीं कर सकते समय पर वेतन देना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये अधिक से अधिक कोविड टेस्ट कराने के निर्देश दिये हैं उन्होंने सभी जनपदों में इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टर को पूरी सक्रियता के साथ संचालित करने के लिये भी कहा

उन्होंने कहा कि सभी जिलाधिकारी आर मुख्य चिकित्साधिकारो प्रतिदिन कोविड अस्पतालों और इंटीग्रेटेड कमांड एण्ड कंट्रोल सेन्टरों में बैठक कर स्थिति की समीक्षा कर और आगे की रणनीति तय कर मुख्यमंत्री ने कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए नॉन कोविड अस्पतालों सामुदायिक तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर ओपीडी सुविधा शुरू कराने के निर्देश दिये

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आज लखनऊ में मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने आश्वस्त करते हुए कहा कि किसानों का अधिकतम हित ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम कीमत पर खाद्यानों की खरीद नहीं होने दी जायेगी नये सत्र की श्ररूआत से पहले किसानों का गन्ना भुगतान कराया जायेगा और अधिग्रहीत जमीन पर कब्जा करने से पहले किसानों को फसल काटने के लिये पर्याप्त समय दिया जायेगा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

श्री मौर्य ने कहा कि इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के तहत राज्य सरकार सड़कों का निर्माण करा रही है शहीदों के नाम पर उनके घरों तक सड़क बनाने का काम प्रदेश सरकार कर रही है कृषि संशोधन विधेयक पर उन्होंने कहा कि इस विधेयक से न्यूनतम समर्थन मूल्य या किसानों की उपज की सरकारी खरीद प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा उन्होंने किसानों से अपील की कि विपक्षी दलों की भ्रामक अफवाहों में न आये

कोविड संक्रमण को सीमित रखने के लिए राज्य सरकार हर संभव उपाय कर रही है हमारे संवाददाता ने बताया है कि संक्रमण का शिकार हुए लोगों के संपर्क में आने वालों की पहचान के साथ ही कोविड नमूनों की जांच बढाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं उधर देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने वालों की दर लगातार पांचवें दिन नए मामलों की तुलना में अधिक रही है

भ्रष्टाचार के आरोप में प्रदेश के दा वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों अजय पाल शर्मा और हिमांश् कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बिजिलेंस ने शासन की सहमति के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोनों अधिकारियों के खिलाफ मेरठ में प्राथमिकी दर्ज कराई बिजिलेंस ने अपनी जांच में दोनों अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाया था

दोनों के खिलाफ जांच एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर हुई है खनन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये एकल खिड़की की व्यवस्था की गई है इसके तहत यूपी माइन मित्र पोर्टल के माध्यम से समस्त सेवाओं को आन लाइन किया गया है

आज राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती है उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में शामिल हैं रश्मिरथी क्रूक्षेत्र उर्वशी संस्कृति के चार अध्याय परशुराम की प्रतीक्षा हुंकार हाहाकार चक्रव्यूह आदि हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं

फिट इंडिया अभियान की पहली जयंती के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल राष्ट्रव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया डायलॉग के दौरान नागरिकों और लोगों को चुस्त दुरूस्त रहने के लिए प्रेरित करने वालों से संवाद करेंगे